नये लॉकडाउन में सरकार ने कृछ और रियायते दी है केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य मंत्रालय के तय मानको के अनुरूप रेड ओरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है रेड जोन और ओरेंज जोन के बीच नियंत्रण क्षेत्र निर्घारित किया जाएगा नियंत्रण क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन के रूप में विन्हित किया जाएगा गृह मंत्रालय के अनुसार केन्टेनमेंट जोन में पहले की तरह ही केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी केन्टेनमेंट जोन से कोई भी बाहर या अंदर नहीं आ जा सकेगा लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आपात स्थिति को छोडकर बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा जरूरी मेडिकल सेवाओं और रक्षा उद्देश्यों को छोडकर समी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उडानों पर रोक रहेगी मैट्रो रेल सेवाएं बंद रहेगी क्वारेंटीन सुविधाओं स्वास्थ्य पुलिस और फंसे हुए लोगों की जरूरतों और बस डिपो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर केन्टीन संचालन को छोडकर सभी होटल रेस्टोरेंट व अन्य होस्पिटिलिटि सेवाए बंद रहेगी हालांकि रेस्टोरेन्ट खाने की होम डिलेवरी कर सकेंगे सभी सिनेमा होल शोपिंग मॉल जिम स्विमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्क थियेटर बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थाएं पूरी तरह बंद रहेगी ऑनलाईन शिक्षण की अनुमति जारी रहेगी सभी तरह की सामाजिक राजनैतिक मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी स्पोर्टस कॉम्पलेक्स और स्टेडियम को दर्शको के बिना खोलने की अनुमति रहेगी

कन्टेनमेंट जोन को छोडकर सभी बाजार और दुकाने खुल सकेंगी दुकानों पर दो गज की दूरी के साथ ग्राहकों से लेन देन किया जा सकेगा एक राज्य से दूसरे राज्य में बसे और यात्री वाहन राज्यों की आपसी सहमति से चलाये जा सकेंगे मालवाहक वाहनों के आवागमन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा एम्बूलेंस और चिकित्सा सेवाओं से जुडे लोगों के निजी वाहनों पर रोक नहीं रहेगी इधर राज्य सरकार लॉकडाउन के चौथे चरण को लागू करने के बारे में आज विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी

हालांकि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढोतरी हो रही है

राज्य सरकार लॉकडाउन में पैदल जा रहे श्रमिकों और उनके परिजनों को राहत देने के लिए श्रमिक स्पेशल बसे चलाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए रोडवेज को बसे तैयार रखने के निर्देश दिए है उन्होंने कहा कि श्रमिकों और उनके परिजनों का अपने घर लौटने के लिए सैकड़ों किलोमीटर धूप में पैदल चलना बेहद तकलीफदेह है राज्य में प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है

वहीं अन्य राज्यों से भी राजस्थान के मजदूर आ रहे है

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए ढांचागत सुधारों की घोषणा की श्रीमती सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक पैकेज के पांचवे और अंतिम भाग के बारे में कल नई दिल्ली में जानकारी दी वित्तमंत्री ने बताया कि ढांचागत सुधारों के तहत सात क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा मनरेगा योजना के तहत रोजगार सुजन के लिए और चालीस हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे साथ ही सरकार ने राज्यों के लिए कर्ज की सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से बढाकर पांच प्रतिशत कर दी है

राज्य में टिड्डी दलों का प्रकोप जारी है पिछले कुछ दिनों में कई जिलों में टिड्डी दलों के हमले से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है उदयपुर में भी टिड्डी दल ने दस्तक दे दी है टिड्डियों ने झाडोल विघानसभा क्षेत्र के कोटडा पंचायत समिति के खेतों में पहुंचकर मूंग व अन्य सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचाया है